और धनतेरस के मौके पर आज बाजारों में उमड़ी भीड़ लोगों ने की जमकर खरीदारी

श्री चौहान आज सुबह भोपाल से अपने गॉव जैत पहुंचे जहां उन्होंने कुल देवी और मां नर्मदा का पूजन अर्चन के बाद सलकनपुर पहुंचकर देवी मॉ के दर्शन किये इसके बाद दोपहर को बुधनी निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया मुख्यमंत्री ने चूनावी सभा को भी संबोधित किया आज प्रमुख उम्मीदवारों में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया सीट से खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी मंत्री विजय शाह ने खंडवा की हरसूद सीट से अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये इसी प्रकार भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा की मौजूदगी में अलीराजपुर और जोबट सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं

भाजपा प्रत्याशी देवेन्द्र वर्मा ने खंडवा से चेतन काश्यप ने रतलाम से और पंधाना से राम दांगोरे ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए

राघौगढ़ सीट से जयवर्धन सिंह और चांचोड़ा से लक्ष्मण सिंह ने भी अपने पर्चे दाखिल किये जयवर्धन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे हैं जबकि लक्ष्मण सिंह उनके भाई हैं हमारे अनूपपुर संवादादाता ने बताया है कि अनूपपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष बिसाहलाल सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया हमारे संवाददाता ने बताया कि बांधवगढ सीट से भाजपा के शिवनारायण सिंह और कांग्रेस की श्रीमती सावित्री सिंह और मानपूर से बसपा की श्रीमती रेखा कोल ने नामांकन पत्र दाखिल किया आगर मालवा जिले की आगर आरक्षीत सीट से भाजपा के सांसद मनोहर उंटवाल और कांग्रेस के रामलाल मालवीय ने नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं सुसनेर सीट से भाजपा से मुरलीधर पाटीदार और कांग्रेस के महेन्द्रसिंह परिहार ने पर्चा दाखिल किये

रायसेन जिले की उदयपुरा सीट से भाजपा के रामकिशन पटेल और कांग्रेस के देवेन्द्र सिंह ने पर्चे दाखिल किये सांची सीट से भाजपा के मुदित शेजवार और कांग्रेस के रघुराम चौधरी और सिलवानी सीट से कांग्रेस के देवेन्द्र पटेल ने पर्चे दाखिल किये छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा सीट से कांग्रेस के शंकरप्रताप सिंह महराजपुर विधानसभा सीट से भाजपा के मानवेन्द्र सिंह और कांग्रेस के नीरज दीक्षित ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया अशोकनगर जिले की मुंगावली सीट से भाजपा के केपी यादव ने अपना पर्चा दाखिल किया

वहीं चुनाव प्रचार की तैयारियों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद राकेश सिंह संगठन महामंत्री सुहास भगत प्रदेश संगठन मंत्री अतुल राय ने आज धनतेरस पर पार्टी के भोपाल स्थित प्रदेश मुख्यालय पंडित दीन दयाल उपाध्याय परिसर में भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना की भाजपा लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिये आज अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की

आज जारी सूची में पांच विधायकों के टिकट काटे गये हैं वहीं दो महिलाओं को भी टिकट दिये गये हैं

सूची में जबलपुर उत्तर से शरद जैन जबलपुर पश्चिम से हरेन्द्रजीत सिंह बब्बू बासोदा से लीना संजय जैन उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव को टिकट दी गई है पार्टी ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री निर्मला भूरिया को पेटलाबाद से मैदान में उतारा है हालांकि दूसरी सूची में भी इंदौर तथा गोविन्दपुरा जैसे चर्चित क्षेत्रों के लिये उम्मीदवार घोषित नहीं किये गये हैं

पुलिस प्रशिक्षण मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आगरमालवा में पुलिस विभाग भी विशेष अभियान चला रहा है जिससे मतदाता भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें

प्रत्याशी निधन विधानसभा चुनाव में बड़वानी जिले की राजपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी और पूर्व राज्य मंत्री देवी सिंह पटेल का दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह निधन हो गया वे छियासठ साल के थे कल रात सीने में दर्ज होने की शिकायत के बाद उन्हें राजपुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था श्री पटेल उमा भारती सरकार में मंत्री थे वे चार बार विधायक चुने गये थे और अंजड़ सीट से तीन बार विधायक चुने गये थे उनका अंतिम संस्कार कल शाम किया जायेगा

वहीं राजभवन में दीपावली के अवसर पर पर्यटन स्थल के फोटोग्राफ की प्रदर्शनी तथा आकर्षक रोशनी की जायेगी मतदाता जागरूकता शिवपुरी जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं

इसके लिए मोतीमहल स्थित संभागीय जनसंपर्क कार्यालय परिसर में जिले के सभी विधासभा निर्वाचन का मीडिया अनुवीक्षण कक्ष स्थापित किया गया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा क्षेत्रों नियुक्त व्यय प्रेक्षक अलोक नाग ने कल मीडिया अनुवीक्षण प्रकोष्ठ का औचक निरीक्षण किया उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एफएम चैनल पर प्रसारित होने वाली हर उस खबर को रिकॉर्ड करें जो प्रथम दृष्टया पेड न्यूज नज़र आ रही हो एमसीएमसी द्वारा खबर को पेड न्यूज घोषित किए जाने पर उसका खर्चा प्रत्याशी के खाते में जुड़वाएँ स्पेशल ट्रेन रेल प्रशासन ने दीपावली त्यौहार के मद्देनजर हबीबगंज और रीवा के मध्य चार स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है पश्चिम मध्य रेलवे के सूत्रों के अनुसार रेल प्रशासन ने दीपावली के अवसर पर अतिरिक्त भीड़ होने के कारण हबीबगंज रीवा हबीबगंज स्पेशल पूर्णतः वातानुकूलित एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया गया है

धनतेरस पर बर्तन सोने चांदी के आभूषण सहित अन्य खरीदारी को शुभ माना जाता है राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों और कस्बों के बाजार में रौनक देखी जा रही है इलेक्ट्रॉनिक कपड़ा बर्तन और आभूषणों की दुकानों पर बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंच रहे हैं जिले की ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में धनतेरस के अवसर पर भगवान कुबेर भण्डारी मंदिर परिसर में कुंबेर लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन किया गया हमारे आगरमालवा संवाददाता ने बताया है कि धनतेरस पर बर्तन कपड़े वाहन इलेक्ट्रॉनिक और आभूषणों की दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं मंदिरों में भगवान धनवन्तरी की पूजा अर्चना की जा रही है

द्रकानों को सजाया गया है जिनमें काफी रौनक देखी जा रही है और बड़ी संख्या में खरीदार भी पहुंच रहे हैं आज बर्तन सराफा और इलेक्ट्रॉनिक सामान की अच्छी बिकी हो रही है शाजापुर ग्वालियर सतना कटनी सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी धनतेरस उत्सव मनाये जाने की खबरे हैं धनतेरस से साथ ही दीपावली से जुड़े पांच पर्वों को देखते हुए मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों ने बिजली उपभोक्ताओं और आम नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है बिजली कम्पनी में सभी पटाखा व्यवसाइयों दुकानदारों से अपील की है कि बिजली लाईन के नीचे ट्रांसफार्मर के आसपास दुकानें न लगायें जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके और सुखद दीपावली मनायें